खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और बागबानी गतिविधियां कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियां कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की द्कानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की अन्मति होगी दो चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति होगी सभी वित्तीय संस्थाएं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पूरी तरह काम करेंगी बिजली मैकेनिक पलंबर मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छूट दी गई है ऐसे लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक द्री बनाए रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अन्मति दी गई है ग्रामीण क्षेत्रों में और नगर निगम की सीमाओं से बाहर उद्योगों को भी अन्मति दी गई है केन्द्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे गृहमंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कम्पनियों द्वारा अनावश्यक वस्त्ओं की आपूर्ति पर रोक जारी रहेगी

बागेश्वर ग्रीन जोन बागेश्वर जिले में कोराना वायरस संक्रमण का कोई भी मामला न होने के कारण जिले को ग्रीन जोन में रखा गया हैं जिलाधिकारी रंजना राजग्रू ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी विस्तृत गाइडलाइन के अन्रूप कार्य करने के निर्देश प्राप्त हए हए इसके अन्सार ही जिले में कल से महत्वपूर्ण गतिविधियां संचालित करने के लिए छूट दी जा रही हैं

हरिद्वार के मुख्य उद्यान अधिकारी नरेंद्र यादव ने बताया कि किसानों को अपनी फसल की कटाई करने की अनुमति दी गई है जिसके बाद सभी किसान खेतो में पहुंच रहे हैं फसल काटने के बाद खाद्यान्न सामग्री को मंडी तक ले जाने और मंडी से अन्य इलाकों में बेचने के लिए भी पास जारी कर अन्मति दे दी गई है

सरकार की ओर से मिली छ्ट से किसान ख्श हैं और वो प्री सावधानी बरतते हए खेतों में काम कर रहे हैं

ऑनलाइन पढ़ाई देहरादून के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस श्रू कर दी हैं स्कूलों द्वारा विभिन्न एप और अन्य सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म के जरिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रेमलता बौड़ाई का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस श्रू होने से बच्चों की पढ़ाई का न्कसान नहीं होगा

लॉकडाउन के दौरान घर में बोर हो रहे बच्चों के लिए भी ऑनलाइन क्लासेज़ पढ़ाई पूरी करन का बेहतर जरिया साबित हो रहा है छात्र छात्राएं एक बार फिर पढ़ाई में ज्ट गए हैं

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है

इस योजना की लाभार्थी उर्मिला देवी का कहना है कि निश्ल्क राशन वितरित होने से गरीबों को बड़ी राहत मिली है

जिले के उधमसिंह नगर से लगी बनबसा पिथौरागढ़ की घाट और नैनीताल अल्मोड़ा से लगी वालिक सीमा में बाहर के जिलों से आ रहे वाहनों का सैनेटाइजेशन हो रहा है

आपको बता दें कि जिले में अभी तक एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है